ग्जरात के केवडिया में स्टेच्यु ऑफ यूनिटी पर आज से पीठासीन अधिकारियों का दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू हो गया है इस बार सम्मेलन का विषय है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्द्रपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कंजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन का उदघाटन किया इस मौके पर राष्ट्रपति श्री कोविंद ने सम्मेलन में भाग ले रहे पीठासीन अधिकारियों को बधाई दी उन्होंने कहा कि कोरोन संकमण काल जैसी विषम परिस्थितियों में इस प्रकार का आयोजन होना गौरव की बात है

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि राष्ट्र के नव निर्माण में विधायिका की मतहत्वपूर्ण भूमिका है

वहीं दो हजार दो सौ बैयालीस सक्रिय केस हैं

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी बाइक में बिना मास्क और बिना हेलमेट के पकड़े गये तो अब दोनों का अलग अलग जुर्माना वसूला जाएगा

साथ ही नजदीक के स्टेटिक टेस्टिंग सेंटर में कोरोना जांच कराई जाएगी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर व्यक्ति को होम आइसोलेशन में नहीं सीधे कोविड सेंटर भेजा जाएगा हालांकि बिना मास्क पैदल घूमने वालों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान नहीं है

राजधानी रांची स्थित होटल अशोका अब झारखंड सरकार के अधीन हो गया है भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार के बीच होटल अशोका के शेयर होल्डर के हस्तांतरण की प्रक्रिया कल पुरी कर ली गई सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में भारत पर्यटन विकास निगम और झारखंड पर्यटन विभाग ने एक करार पर हस्ताक्षर किया इस करार के बाद अब होटल में बासठ दशमलव पांच फीसदी शेयर की हिस्सेदार झारखंड सरकार की हो गई है जबकि सैतीस दशमलव पांच फीसदी हिस्सेदारी बिहार सरकार की है इससे पहले भारत पर्यटन विकास निगम और बिहार पर्यटन के पास संयुक्त रूप से सतासी दशमलव पांच सात प्रतिशत शेयर था होटल के मालिकाना हक को लेकर झारखंड गठन के बाद से मांग हो रही थी

बैठक में यह निर्देश दिया गया था कि झारखंड सरकार होटल अशोका के सभी शेयर खरीदे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि रांची होटल अशोका झारखंड की बडी सपत्ति है इसलिए सरकार इसे अपने पास ही रखेगी राज्य गठन के पहले भारत पर्यटन विकास निगम का इक्यावन प्रतिशत और बिहार सरकार का उनचास प्रतिशत शेयर इसमें था राज्य बनने के बाद बिहार के उनचास प्रतिशत शेयर में से बारह दशमलव दो पांच प्रतिशत शेयर झारखंड को दे दिया गया था

मोबाइल फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है चुनाव आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा की शिकायत पर मामले की जांच करायी थी प्रथमदृष्टया आरोप सही पाते हुए उनके विरुद्व प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उन पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एससी एसटी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी सीबीआई ने चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत को लेकर अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अभी तक आधी सजा नहीं काटी है

इस मामले में अगर लालू प्रसाद को जमानत की सुविधा मिलती है तो वे जेल से बाहर निकल जाएंगे

लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार में आधी सजा काटने और कई तरह की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी है झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश एसएन प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग के मामले में आरोपित महेश विनीत व अमित अग्रवाल की अपील याचिका पर कल सुनवाई की इस दौरान एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि इन तीनों के साथ अन्य के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है इस पर एनआईए कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान सही है क्योंकि इनके खिलाफ टेरर फंडिंग के पर्याप्त एवं ठोस सबूत है चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के बिंगलात में ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा बकाया भाड़ा भुगतान से परेशान वाहन मालिक की आत्महत्या मामले को लेकर ट्रक हाइवा एशोसिएशन और ग्रामीण आंदोलित हो गए हैं आंदोलित वाहन मालिकों ने सीसीएल क्षेत्र आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला दलाई का काम रोक कर चक्का जाम कर दिया है मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि हिंडाल्को आधुनिक और झाबुआ का काम करनेवाली ट्रांसपोर्टर कम्पनी तुली माईनिंग डेटन माईनिंग वेदांता प्रणव नमन समेत अन्य कम्पनियों के पास लाखों रु बकाया हो गए थे जिसके कारण फाइनेंस कंपनी का किस्त जमा नहीं हो पा रहा था मजदूर संगठनों ने कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आहवान किया है झारखंड के मजदूर भी इस हड़ताल को समर्थन देंगे इंटक के महासचिव राकेश्वर पांडेय ने बताया कि विभिन्न कानूनों में हए बदलाव के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है एक ओर जहां मजदूर संगठनों की ओर से हड़ताल सफल बनाने की तैयारी की जा रही है वहीं प्रबंधन ने मजदूरों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर तस्करी जा रही है जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए तस्करों पर कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कल देर रात छतरपुर के एसडीपीओ शंभु कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पचहत्तर मवेशियों के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष छतरपुर पुलिस ने एक हजार से अधिक पशुओं को तस्करों के हाथों से बचाया है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से राजधानी रांची में हल्के बादल छाए रह सकते है

शुक्रवार से फिर से मौसम साफ रह सकता है

रांची में मंगलवार को मौसम साफ रहा